आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें केदारनाथ कपाट भगवान शिव के ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट आज सुबह बर्फबारी के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए इसके साथ ही श्री केदारनाथ जी की उत्सव डोली की शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की यात्रा आरंभ हई डोली आज रामप्र और कल ग्प्तकाशी के पड़ावों के बाद परसो ऊखीमठ पहंचेगी अगले छह महीने भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में ही होगी म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के अवसर पर मौजूद रहे इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश वासियों की सूख समृद्धि की मंगल कामना की योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बारे में कहा कि दोनों राज्यों में अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलकनंदा अतिथि गृह का मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित रहा इसे उत्तराखंड सरकार को दिए जाने पर सहमति बनी है उन्होंने कहा कि यहीं पर एक अन्य अतिथि गृह बनाया गया है जिस पर यूपी सरकार का स्वामित्व होगा उन्होंने केदारनाथ धाम में हो रहे प्नर्निर्माण कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की

कपाट बंद के बाद मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना हई खरसाली को मां यमुना का मायका कहा जाता है शीतकाल में छह महीने मां यमुना खरसाली में प्रवास करती हैं यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया था इससे पहले कल गंगोत्री मंदिर के कपाट भी बंद कर दिये गए थे भैया दूज प्रदेश में भाई बहन के स्नेह का पर्व भैया दूज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस दिन बहनें भाइयों का तिलक कर उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं जबकि भाई बहनों को तोहफा देते हैं अल्मोड़ा में भी भैया दुज का पर्व मनाया गया पर्वतीय क्षेत्रों में दिवाली से कुछ दिन पहले धान को शुद्ध जल में भिगोकर ओखली में कूटा जाता है उससे चावल निकालकर बहन भाई को और घर की ब्जूर्ग महिला अपने परिजनों को शिरोधार्य करवाती हैं और उनकी सूख समृद्धि की कामना करती हैं इसे बग्वाली का त्योहार भी कहा जाता है कुमाऊंनी में बग्वाल का मतलब अधिक समुद्धि भी माना गया है बग्वाली मेला अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट तहसील के बग्वाली पोखर में भैया दूज पर तीन दिवसीय बग्वाई कौथिग यानि बग्वाली मेला सादगी से शुरू हआ बग्वाली मेला ओड़ा भैंटने की रस्म से शुरू हआ मेला समिति के पदाधिकारियों ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की मेले की सांकेतिक श्रुआत करने के बाद भंडर गांव के ग्रामीणों ने ओड़ा भैंटने की रस्म निभाई कोरोना के कारण मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां नहीं हो रही हैं

उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की आजादी के आन्दोलन में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है आजादी के बाद नए भारत के निर्माण में भी मीडिया अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर की विभिन्न च्नौतियों को देखते हए प्रेस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है उन्होंने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और निर्भीक मीडिया लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है मौसम प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है विभिन्न हिस्सों में कल रात से बारिश हो रही है राजधानी देहरादून में रातभर रुक रुक कर बारिश होती रही आज भी दिनभर बादल छाये रहे टिहरी चमोली रुद्रप्रयाग अल्मोड़ा बागेश्वर समेत अन्य हिस्सों में भी बारिश हई वहीं चारधाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी भी हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है सर्द हवाएं चलने से निचले इलाकों में भी मौसम काफी ठंडा हो गया है मौसम विभाग के म्ताबिक उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो सकती है राज्य के क्छ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है मौसम का ये मिजाज अगले तीन चार दिनों तक बना रह सकता है साथ ही मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर स्बह के वक्त घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है

इसके लिए राजकीय कुकुट परिक्षेत्र रुद्रपुर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसमें पांच सौ कुक्ट क्षमता के कड़कनाथ फार्म की स्थापना की जाएगी

ऊधमसिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि राजकीय क्क्ट परिक्षेत्र रुद्रपुर में कड़कनाथ के पालन के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है इस योजना से किसानों को लाभ होगा मुख्य पश् चिकित्सा अधिकारी गोपाल सिंह धामी ने बताया कि ऊधमसिंह नगर जिले में क्क्ट पालन के क्षेत्र में राज्य में पहला स्थान रखता है उन्होंने कहा कि परंपरागत क्क्ट पालन से हटकर यह एक नवाचार है

इसमें फैट भी बह्त कम होता है इसका मांस कैंसर डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है शहीद अंत्येष्टि जम्मू कश्मीर के बारामुला में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का आज ऋषिकेश में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए घोषणा की कि शहीद राकेश डोभाल की स्मृति में ऋषिकेश में स्मृति द्वार का निर्माण किया जाएगा साथ ही भूमि उपलब्ध होने पर शहीद स्मारक भी बनाया जाएगा श्री अग्रवाल ने कहा कि सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तराखंड के अनेकों सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्होंने कहा कि शहीदों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा

इसके लिए एक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को लिया जा रहा है अभी तक जिले में श्रीनगर के ब्देसू पौड़ी के मल्ली और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के मथाणा गांव में यह कार्यक्रम श्रू किया गया है कार्यक्रम के तहत घरों में बेटी के नाम की तख्तियां लगायी जा रही हैं इससे बेटियों के साथ ही उनके माता पिता के चेहरों पर भी ख्शी देखी जा रही है वे भी इस कार्यक्रम को बेटियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं जिला प्रशासन का कहना है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के एक एक गांव के बाद इस कार्यक्रम को जिले के सभी पन्द्रह विकासखण्डों में संचालित किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार की ओर से श्रू किये गये महिला सशक्तिकरण अभियान को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके उत्तरकाशी भुकंप उत्तरकाशी जिले में कल देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए

भूकंप आने पर लोग घरों से बाहर निकल आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर तीन दशमलव तीन आंकी गई है